हरियाणा में आज च्नाव प्रचार के अखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रोहतक में विजय संकल्प रैली को सम्बोधित किया

अब उम्मीदवार और राजनैतिक मतदान के दिन तक किसी प्रकार सभायें व बैठके नहीं कर सकेंगे इसीके साथ मतदान की तैयारियां को अंतिम रूप देने का सिलसिला श्रू हो गया है

प्लिस अधिकारी पड़ोसी राज्यों के अधिकारी से भी लगातार सम्पर्क बनाये ह्ये है और अंतराज्जीय सीमाओ को भी पूरी तरह सील कर दिया गया है हमारे संवाददाता के अन्सार प्लिस राज्य में संवदेनशील व अति संवदेनशील मतदान केन्द्रों पर कड़ी निगरानी रख रही है ख्फिया व अन्या सूचनाओं के आधार पर सोनीपत झज्जर जींद भिवानी हिसार हिसार हांसी और सिरसा में अतिरिक्त प्लसि बलों की तैनाती की जा रही है

अतिरिक्त प्लिस महानिदेशक श्री विर्क ने बताया कि सभी केन्द्रों पर तीन स्तरीय स्रक्षा व्यसस्था की जायेगी

इन केन्द्रों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध रहेंगे और यहां अतिरिक्त प्लिस बल तैनात किये जायेंगे ताकि बिना किसी भय के मतदान कर सकें विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी स्ट्रांग रूम व मतगणना केन्द्रों का निरीक्षण कर रहे है व आवश्यक निर्देश दे रहे है उन द्वारा ईवीएम मशीनों की जांच भी की जा रही है और मौके पर डैमो भी दिया जा रहा है हरियाणा में आज चुनाव के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेनद्र मोदी ने रोहतक में विजय संकल्प रैली को सम्बोधित किया

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली दंगो की अग्रवाई की और जो हआ सो हआ कहा जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के इसी अहंकार ने भारत को जलाया

उन्होंने कहा कि देश का उनके समय में आर्थिक विकास हआ है और भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ गति से आगे बढ़ रही है

उन्होंने पांच सालों में हये विकास कार्यो का सेहरा मतदाता शक्ति के नाम बांधते हये कहा कि कांग्रेस एक परिवार की चिंता में रहती है और अन्य लोगों को आगे नहीं आने देती प्रधानमंत्री ने कहा कि भाखड़ा नंगल डैम सर छोट्र राम के दिमाग की उपज थी लेकिन उन्हें इसका श्रेय नहीं दिया गया और अपने निजी हितों की खातिर क्छ लोग उनकी आलोचना भी कर रहे है स्थानीय लोगों के साथ प्राने दिनों की याद ताज़ा करते हये उन्होंने कहा कि सभी के आर्शीवाद से सब संभव हआ है और वे प्न आर्शीवा लेने पहंचे है

उन्होंने अपने सम्बोधन मे प्रधानमंत्री की आलोचना की और चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी पवन बंसल के समर्थन में वोटी देने की अपील की

उन्होंने कांग्रेस की न्याय योजना के बारे बताते ह्ये कहा कि इससे आम आदमी को फायदा होगा और रोज़गार भी बढ़ेगा

विल्ज ने अपना जीवन द्निया की यात्रा और गर्भवती महिलाओ के स्वास्थ्य पर शोध करने में बिताया

राज्य की इस लोकसभा सीटों के लिये एक करोड़ अस्सी लाख छप्पन हजार आठ सौ छियानवे पंजीकृत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिसमें एक पांच हजार आठ सौ उनसठ सर्विस मतदाता भी है म्ख्य च्नाव आय्क्त के कार्यालय से मिली जानकारी के अन्सार तिरासी लाख चालीस हज़ार एक सौ तिहतर महिला मतदाता है और दो सौ सात किन्नर मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे

हमारे संवाददाता ने बताया कि इनमें तीन लाख मतदाता अटठारह में उन्नीस वर्ष आयुवर्ग के है

हमारे संवाददाता ने बताया कि य्वाओं में च्नाव को लेकर काफी उत्साह है और राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मुद्दो के अलावा उनके अपने भी कई मुद्दे है मतदान के दिन मतदाता को अपना वोटर

लेकिन मतदाता का मतदाता सूची मे नाम होना जरूरी है जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं होगा वे मतदान नहीं कर सकेंगे

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि यह द्र्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस को इस पर कोई अफसोस नहीं है उन्होंने राहल गांधी को सवाल किया कि क्या वह अपने ग्रू पित्रोदा को इस टिपपणी के लिये बाहर का रास्ता दिखायेंगे उधर पार्टीके प्रवकता संबित पात्रा ने कहा कि पित्रोदा ने पीड़ितों के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सज्जन कुमार को जल तक पहंचाने का काम किया है उन्होंने राहल गांधी और सोनिया गांधी से पित्रोदा की टिप्पणी के लिये माफी मांगने की मांग की है हरियाणा के फतेहाबाद में आज कांग्रेस उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के द्वारा शहर में डोर टू डोर दौरा किया च्नाव प्रचार के अंतिम दिन आज अशोक तंवर दवारा लोगों से वोट देने की अपील की गई उनके साथ फतेहाबाद के कांग्रेस के कई पूर्व विधायक भी शामिल रहे

सभी पार्टियां जीपीएस लगी बसों में सवार होकर अपने गंत्वय तक पहंचेंगी सभी पोलिंग पार्टियां संबंधित एआरओ को पहले रिपोर्ट करेंगी तथा उन्हें इसके बाद ईवीएम वीवीपैट व च्नावी सामग्री दी जाएगी